चार नए मामलों में से तीन चांगलांग और एक ईस्ट सियांग जिले से है सभी मरीजो को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है पॉजिटिव पाए गए सभी चार लोग उत्तर भारत से लौटे थे और संस्थागत क्वारंटिन में थे

दोनों स्वस्थ मरीज राजधानी ईटानगर क्षेत्र से है और उन्हें चौदह दिनों के लिए होम क्वारंटिन पर रहने की सख्त सलाह दी गई

श्री खांडू ने मरीज का अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए सभी चिकित्सक दल स्वास्थ्य कर्मी और अन्य अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया

वेस्ट सियांग जिले का सबसे बड़ा गांव डारक और लगभग सभी गांवों ने अपने आप को बंद रखा है और बाहर के लोगों को उनके गांवों तथा कॉलोनियों में प्रवेश की अन्मति नही है गांवों और कॉलोनियों ने लॉकडाउन के अपने नियम बनाये है और इसका उल्लघंन करने पर दस हजार रुपए का जुर्माना वस्लेगा ग्राम समिति देश के विभिन्न क्षेत्रों से गांव में आए होम क्वारंटिन पर रह लोगों पर भी कड़ी निगरानी रख रहा है इस बीच वेस्ट सियांग जिला उपाय्क्त मोकी लोई ने सभी से अपील की है कि वे एकज्ट होकर टीम भावना के साथ बीमारी से लड़ने में योगदान दे और सभी के सामान्य हितों के लिए समय समय पर जारी लॉकडाउन नियमों का पालन करे

राज्यपाल ने प्रातत्वविदो और अन्संधान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य के समृद्ध इतिहास विशेष रुप से राजधानी क्षेत्र में ईटा पोर्ट को राज्य के वित्तीत संसाधनों की कमी के बीच अच्छी तरह से प्रस्त्त करने को कहा उन्होंने ईस्टर्न गेट ऑफ ईटा पोर्ट के स्मारक को संरक्षित रखने और देश के साथ साथ राज्य के आने जाने वाले लोगों के लिए इसे स्लभ बनाने को कहा

मलेरिया रोधी गतिविधियों पर जानकारी देते हुए एस पी ओ सह राज्य नोडल अधिकारी मलेरिया डॉ के टी म्लंग ने वर्ष दो हजार तीस तक मलेरिया को खत्म करने के भारत सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मलेरिया उन्मूलन और इसकी रणनीतियों के लिए राष्ट्रीय फ्रेम वर्क के बारे में बात की

सभी कामगार जिला प्रशासन दवारा अपेक्षित ए पी एस टी बस स्टेशन से डिब्र्गढ़ पहँचने के लिए ए पी एस टी बस से सवार हए जहाँ से वे ट्रेन से आगे की यात्रा करेंगे ईस्ट सियांग जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह जिन्होंने सारी व्यवस्थाओं की देखरेख की कामगारों से बातचीत की और अपने घर पहूँचने पर जिला प्रशासन को सूचित करने को कहा और खाने के पैकेट एवं पानी की बोतलें भी सौंपी

बताया गया है कि प्रम्ख क्षेत्र को छोड़कर ज़्यादातर इलाकों में आग पर काबू पा लिया गया है हालांकि क्एं के मुहाने में आग तब तक रहेगी जब तक इसे ढक नहीं दिया जाता

छापे के दौरान तीन व्यापारियों को वैध परमिट के बिना और अधिक कीमतों पर म्र्गियों को अवैध रुप से बेचते हुए पाया गया व्यापारियों पर व्यापार पर गड़बड़ी और कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम का उल्लंघन के लिए मामला दर्ज कराया गया और जुर्माना भी लगाया गया